मास्क पहने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 हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कनाडा में आयोजित इनवेस्ट इंडिया कांफ्रेस को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित इस अवसर पर उन्होंने ग्लोब्ल इंनवेंटर्स को बताया कि भारत में निवेश के लिए परिस्थितियां अनुकल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का श्भारम्भ किया आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है

उन्होंने लोगों से मास्क पहनने हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की

प्रधानमंत्री के इस अभियान पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है

इधर आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है और इसके लिए हमें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए झारखंड में प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमण के नये मामलों में कमी आयी है इसके साथ ही इस संकमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है राज्यभर में अबतक नवासी हजार सात सौ दो के मुकाबले उन्यासी हजार एक सौ छिहतर मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर अठासी दशमलव दो छह प्रतिशत हो गयी है कल राज्य में आठ सौ उनतीस नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पष्टि हर्ड जबकि एक हजार सतासी संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हए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

इधर आज रामगढ़ जिले में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर श्रद्वालुओं के लिए खोल दिया गया देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम को भी नये दिशा निर्देशों के साथ श्रद्वालुओं के लिए खोल दिया गया मंदिर के पुजारियों और उससे जुड़े दुकानदारों और व्यवसायियों ने भी राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कम्पानी इस चर्चा में भाग लेंगी

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित करने और सुविधायें देने की अपील की

चतरा जिले के कृदा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएसपीसी द्वारा छुपाकर रखी गयी भारी मात्रा में अफीम बरामद की है पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि इचाक गांव में भारी मात्रा में अफीम का भंडारण किया गया है जिसपर त्वरित कारवाई करते हुए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने अभियान चलाकर सवा दस किलो अफीम के अलावा एक देशी बंद्रक उन्यासी जिंदा कारतूस और एक वॉकी टॉकी बरामद किया है दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है

हजारीबाग जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़कागांव में कोयले की ढ़लाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की है एनटीपीसी के डंप में मौजूद पांच लाख टन से अधिक कोयला की दलाई की जा रही है विधायक ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को बंधक बनाकर प्रशासन कोयले की दुलाई का काम करवा रहा है उन्होंने कहा कि उन्हें भी आज क्षेत्र में जाने से रोकने का प्रयास किया गया कंपनी ने आग लगने की बात कहकर दबाव बनाने का काम किया है

उन्होंने कहा कि डंप में पड़े कोयले की द्वलाई को ग्रामीणों ने मुक्त कर दिया है लेकिन बड़कागांव क्षेत्र में कोयले का उत्खनन प्ररी तरह प्रतिबंधित रहेगा गोड्डा जिले में ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण युवक युवतियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है